राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का किया दौरा निर्माण कार्य पर जताया संतोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई और भारत की एकता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया उन्होंने विविधता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाईचारे की भावना की जरूरत बताई

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब राजनीतिक स्थिरता आएगी और यहां के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त होगा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल ने स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों में बंटे देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी

उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से राष्ट्रीय एकता की भावना और भी सुदृढ़ होती है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और स्वतंत्रता सैनानियों को उचित मान सम्मान दिलाने का कार्य भी किया है अनुराग ठाकुर ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी इसमें भाग लिया मंडी के सेरी मंच में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हम सभी को सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता व अखंडता के साथ साथ पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपना योगदान देना चाहिए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्रा पाठशाला पावंटा साहिब में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को नवाचार और शोध विश्लेषण से परिणाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं बिंदल ने यह भी कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत करने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया राज्यपाल ने एम्स के निर्माण कार्य पर संतोष जताते हुए कहा कि इससे बिलासपुर शहर का विकास सुनिश्चित होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे उन्होंने बिलासपुर में वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला का दौरा भी किया और छात्राओं से जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने का आहवान किया राज्यपाल ने छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ अन्य स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया ताकि उनका समग्र विकास हो सके बंडारू दत्तात्रेय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर आगे बढ़ रही हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्वांजलि दी इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और शिमला में एक रक्तदान शिविर भी लगाया सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने राष्ट्र के प्रति इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आगामी सर्दियों के मौसम में जनजीवन सामान्य बनाए रखने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला शहर को पांच सैक्टरों में बांटा गया है भारद्वाज ने सभी विभागों को स्नो मैनुअल के तहत तैयारियां समयबद्व पूरा करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े कृमि दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल पहली नवम्बर को प्रदेश के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल व विटामिन ए की दवा खिलाई जाएगी

इस अवसर पर कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेवारी मिलना धर्मशाला और हिमाचल के लिए गौरव का विषय है उन्होंने इन्वेस्टर मीट के प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की इस दौरान सभी अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया जनमंच प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण जनमंच कार्यक्रम तीन नवम्बर को विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले की करौर पंचायत की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऊना जिले में गगरेट विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे